जयराम ठाक्र ने कहा कि संबंधित विभागों को भी ये निर्देश दिया जाएगा कि वे पट्टिकाओं को फिर लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करें

उन्होंने कहा कि इससे लाखों रूपए का नुकसान भी हुआ है मगर इस संकीर्ण सोच पर सभी को चिंतन करना चाहिए नेगी ने कहा कि मामले दर्ज होने के बावजूद कोई छानबीन नहीं की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सरकार केंद्र की मदद और कर्ज के बिना नहीं चल सकती है माकपा के राकेश सिंघा के भाखड़ा से हिमाचल का हिस्सा लेने संबंधी पूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू कराने के प्रयास जारी हैं भाजपा के रमेश धवाला ने वनों में वन विभाग की जमीन पर गिरी मंहगी लकड़ी बेचकर और विद्युत उत्पादन दोहन कर संसाधन जुटाने की सलाह दी भाजपा के राकेश पठानिया के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा ज़िले के डमटाल स्थित मंदिर की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी

कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के सवाल पर कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने बताया कि बीएडीपी कार्यक्रम में सभी विकास कार्य धन की उपलब्धता पर पूरे किए जाएंगे पंचायतीराज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कांग्रेस के विकमादित्य सिंह के सवाल पर बताया कि मत्स्य हैचरी के लाईसेंस स्थानीय लोगों को ही दिए जाते हैं और आगे भी दिए जाएंगे बंदोबस्त कार्य संबंधी कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदोबस्त के कार्य की एक लंबी प्रकिया है मगर इसका समय घटाने का प्रयास किया जाएगा अवशेष इराक के मोसुल में मारे गए भारतीयों के अवशेष लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान आज दोपहर बाद अमृतसर पहुंचा विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इस विशेष विमान में भारतीय युवकों के अवशेष लाने के लिए मोसुल गए थे

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन युवकों के अवशेष लेने के लिए अमृतसर गए हैं उम्मीद है कि आज देर शाम तक इन युवकों के अवशेष धर्मशाला पहुंच जाएंगे राज्य सरकार ने आतंकियों द्वारा मारे गए प्रदेश के सभी युवकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए देने का ऐलान किया है सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि ज़िले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च करेगी

रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की तरफ सोलन के चार युवाओं ने कदम बढ़ाए हैं इन युवाओं ने एक ऐसा रेडियो स्टेशन तैयार किया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से एंड्रॉयड फोन में रेडियो सुना जा सकता है हिमाचल में ऐसा पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन सोलन में पांच अप्रैल से शुरू होगा

आयोग के सचिव संजीव पठानिया ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं और वे आयोग की वैबसाईट से भी ये पत्र डाउनलोड कर सकते हैं